कोरोना कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य के सीमावर्ती ज़िलों को सील कर दिया गया है और प्रदेश में आने वाले लोगों की जांच की जा रही है

राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए ऊना ज़िला के प्रवेश द्वारों से आने वाले श्रद्धालुओं को वापिस भेजा जा रहा है किन्नौर ज़िले में भी चौरा सीमा को आज सील कर दिया गया है पुलिस विभाग ने चौरा बैरियर पर नज़र रखने के लिए पुलिस जवान तैनात किए हैं और स्वास्थ्य विभाग की एक टीम लोगों की जांच कर रही है उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अनेक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं लाहौल स्पिति ज़िले के कोकसर और तिंदी पुलिस चैकपोस्ट में चिकित्सा जांच केंद्र खोला गया है जिले में आने वाले नेपाली मजदूरों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और जांच के बिना उन्हें ज़िले में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में राज्य आपदा प्रंबंधन प्राधिकरण की बैठक में बताया कि केंद्र ने प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण बल की एक बटालियन मंजूर की है प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा बल के गठन को अधिसूचित किया है

मंडी ज़िले के धर्मपुर में आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर जलापूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा महेंद्र सिह ने अधिकारियों को अस्पतालों स्वास्थ्य केंद्रों और छात्रावासों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोरोना वायरस को लेकर अलग से ओपीडी स्थापित की गई है और नोडल अधिकारी तैनात किया गया है सुरेश भारद्वाज ने डॉक्टरों से समर्पित भाव से काम करने का आहवान किया

उन्होंने कहा कि मास्क की जमाखोरी रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दो मास्क दिए जा रहे हैं उधर हमीरपुर जिले में भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं और सभी होटलों व होमस्टे में सैनिटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था की गई है वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कोरोना वायरस के विश्वव्यापी प्रभावों को देखते हुए राज्य सरकार जीरो रिस्क नीति पर काम कर रही है और हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है वीरेंद्र कंवर ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और भीड भाड़ वाले स्थानों पर न जाने की अपील की है ऊना जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस को हराने के लिए नारी शक्ति का सहयोग लिया है प्रशासन ने प्लास्टिक फी अभियान में एक लाख से अधिक कपड़े के बैग बनाने वाले ऊना के महिला स्वयं सहायता समूह को ट्रिप्पल लेयर मास्क बनाने का आर्डर दिया है ये महिलाएं रोजाना करीब एक हजार मास्क तैयार कर रही हैं जिन्हें सस्ते दामों पर बाजार में उतारा जा रहा है विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने आज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में कोरोना वायरस को लेकर किए गए प्रबंधों का जायजा लिया उधर मंडी ज़िला प्रशासन ने बसों टैक्सियों और अन्य वाहनों के मालिकों को अपने वाहनों में कोरोना वायरस को लेकर स्प्रे करने के निर्देश दिए हैं राज्यसभा भाजपा नेता इंदु गोस्वामी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई हैं प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए इंद् गोस्वामी ने ही नामांकन पत्र दाखिल किया था और आज नाम वापिस लेने का अंतिम दिन था

उन्होंने राज्य महिला आयोग और सामाजिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंद गोस्वामी के निर्विरोध चुनाव पर उन्हें बधाई देते हए कहा कि वे संसद में प्रदेश की आवाज प्रमुखता से उठाएगी

रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला कांग्रेस कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लम्बे अंतराल के बाद प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी घोषित की है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल कांग्रेस को नई टीम मिल गई है और इसमें क्षेत्रीय जातीय और सभी तरह के संतुलन को ध्यान में रखा गया है उन्होंने कहा कि अनुभवी नेताओं के साथ युवाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है

शिमला ग्रामीण व शहरी के लिए अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए हैं कुलदीप राठौर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी नेता व कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे इस बीच कुलदीप राठौर ने हरीकृष्ण हिमराल को अपना राजनीतिक सचिव नियुक्त किया है